राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने की मांग की लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक जारी राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार सात सौ सतहत्तर कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ रिकवरी रेट अस्सी दामलव आठ सात प्रतिात आईपीएल किकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुम्बई इंडियन्स से होगा यह मैच शाम साढे सात बजे से खेला जाएगा कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें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 हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम छह बजे वीडियों कांफ्रेंस के जरिये कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे चिकित्सकों और औषधि कंपनियों के साथ कल बैठक के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की विशेष समूहों के साथ तीसरी बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविंड महामारी तेजी से फैल रही है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाये रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से वर्चअल माध्यम से बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसिलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन लगाने की मांग की है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री से कोरोना संकमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन करने की मांग की है वहीं राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी लॉकडाउन लगाने पर सहमति जताई है वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री कोरोना से बचाव की तैयारियों और लॉकडाउन लगाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं इससे पूर्व कोरोना संक्रमण और चौतरफा दबाव के बीच लॉकडाउन की पांबदियों को लेकर सरकार के स्तर पर कल पूरे दिन गहन मंथन किया गया इधर राज्य में बढते कोरोना मामलों को लेकर भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने भी संपर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग मुख्यमंत्री से की है इधर राज्य में कोरोना के अधिक से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए बाइस अप्रैल को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच की जाएगी

रांची नगर निगम की ओर से नागरिक सुविधामद से एक हजार ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी जाएगी कल हुए रांची नगर निगम की वर्यअल बैठक में यह निर्णय लिया गया इधर रांची में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सर्पोटेट तीन सौ बेड की व्यवस्था की जा रही है साथ ही वार्ड के एक फ्लोर पर दो डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी रांची स्थित रिम्स में भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी विंग को खाली कराया जा रहा है विंग के कॉर्डियोलॉजी विभाग यूरोलॉजी विभाग और सीटीवीएस विभाग को दूसरे विभाग में शिफट किया गया है ताकि यहां कोविड के मरीजों का इलाज किया जा सके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सासंद निधि से खूंटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पचास लाख रुपये दिए हैं मंत्री ने खुंटी उपायुक्त शशि रंजन को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है जैसा कि आपको मालूम हो श्री मुंडा खुद कोरोना संकमण से ग्रस्त हैं वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने ऑक्सीजन और रेमडेशिविर इंजेक्शन की खरीद के लिए विधायक निधि से बीस लाख रुपये दिए हैं

मुंबई मंडल ने फ्लैट वैगन से टैंकरों को लादने और उतारने की सुविधा के लिए कलंबोली माल यार्ड पर रैंप का निर्मोण किया है

रेलवे ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की थी और इस श्रृंखला को बनाए रखा था रेलवे आपातस्थिति मं देश की सेवा में तत्पर है विभिन्न राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अनुरोध पर रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की संभावनाएं तलाशी और इसके लिए प्रायोगिक परीक्षण किए हैं झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जताई है चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मुख्य सचिव से जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा है

राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार दो सौ नब्बे नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं कोरोना से छियालीस लोगों को मौत भी हुई है इसके साथ ही सकिय मरीजों की संख्या अब तीस हजार चार सौ सतहत्तर पहंच गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची में सबसे अधिक एक हजार चार सौ चार संक्रमित पाये गर्ये हैं

जबकि राज्य में कोरोना से एक हजार सात सौ सतहत्तर मरीज ठीक भी हुए हैं

झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर अस्सी दशमलव आठ सत प्रतिशत हो गई है

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से रेलवे के अस्पताल कंपनी के अधीन अस्पताल कोयला मंत्रालय के अधीन अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों को राज्य सरकार की मदद में लगाने का आग्रह किया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वे एम्स की चिकित्सा टीम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्वास्थ्य स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत रिथर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकृंद नरवणे रक्षा सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रमुख के साथ बातचीत की है रक्षा मंत्री ने कोर्विड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को कहा श्री सिंह ने सेना प्रमुख को निर्देश दिया कि स्थानीय कमांडरों को मुख्यथमंत्रियों से संपर्क करके हर संभव सहायता उपलब्धक करानी चाहिए

इंडियन प्रीमियर लीग में आइपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुम्बई इंडियन्स से होगा यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा

उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना अंतर्गत मारांगहातु गांव में डायन बिसाही के आरोप में भतीजों ने मिलकर बड़ी मां की हत्या कर दी है

इधर गुमला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंथा गांव में भतीजे ने जमीन विवाद में अपने चाचा की हत्या कर दी पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक छोटा हेलिकॉप्टर उड़ाने में सफलता हासिल की है यह ड्रोन हेलिकॉप्टर मंगल ग्रह की ऐतिहासिक उड़ान पर एक मिनट से कम समय तक हवा में रहा किसी अन्य ग्रह पर किसी विमान द्वारा नियंत्रित उड़ान की यह पहली घटना है इस उड़ान की पुष्टि मंगल ग्रह पर एक उपग्रह के माध्यम से हुई इस उपग्रह ने हेलिकॉप्टर का डाटा पृथ्वी पर भेजा था भारतीय चुनाव आयोग ने मधुपुर उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर बदलने का आदेश दिया है आयोग की ओर से इसके लिए उद्योग विभाग झारखंड सरकार में अंडर सेकेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटरिँग अफसर बनाने का आदेश दिया है